इस सम्मेलन का विषय है देश के समावेशी विकास के लिए मापिकी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाण् समयमापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी पत्थरबाजी कानून म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों को कड़ी सजा मिलेगी इसके लिए कानून बनाया जा रहा है म्ख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दश्मन हैं

जबलप्र में भी स्बह से ही धूप छांव का दौर जारी है

दो मृत कोओं को परीक्षण के लिये भोपाल भेजा गया है